कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों से सीधा संवाद करेंगे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन आकाशवाणी और क्षेत्रीय चैनलों समेत सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह साढ़े ग्यारह बजे से किया जायेगा विद्यालयों के बच्चों में भाषा कौशल उन्नयन पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ने समझने की रुचि विकसित करने और सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के बहु आयामी विकास की दृष्टि से प्रदेश में यह कार्यक्रम लागू किया गया है प्रदेश में मिल बाँचें मध्यप्रदेश का यह तीसरा आयोजन है कार्यक्रम में लगभग ढाई लाख लोग सहभागिता करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के लाड़कुई में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित करेंगे

विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा होशंगावाद वन मंत्री डह गौरीशंकर शेजवार शहडोल में वित्त मंत्री जयंत मलैया दमोह स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह शिवपुरी स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह खण्डवा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कूसुम सिंह महदेले पन्ना परिवहन मंत्री भ्रपेन्द्र सिंह सागर के मालथौन महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस बुरहानपुर और मत्स्य पालन एवं पशु पालन मंत्री अंतर सिंह आर्य बड़वानी जिले के सेंधवा में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण करेंगे

होशंगावाद जिले के बेहराखेड़ी गॉव की सुनीता आत्मनिर्भर होकर अब समाज के लिए मिसाल बन गई है

प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नया सवेरा बनकर आया है इस योजना के तहत महिलाएं रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही है प्रदेश में भी इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं

इन अदालत में बैंक रिकवरी संबंधी मामले मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण वैवाहिक प्रकरण श्रम एवं भ्रमि अधिग्रहण संबंधी मामले विद्युत एवं जलकरबिल जिसमें चोरी के मामले शामिल नहीं है दीवानी मामले और द्रसरे सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरण प्रीलिटिगेशन प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा लोक अदालत में जलकरसम्पतिकर और विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी

महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा है कि पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाना समय की आवश्यकता है खान पान को लेकर लोगों की सोच बदलने के लिये समाज केन्द्रित गतिविधियाँ संचालित करना जरूरी है इसलिए जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी को पोषण जागरूकता विस्तार के अवसर के रूप में आयोजित किया जाये थिंक ग्लोबल ईट लोकल की अवधारणा के अनुसार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहज सुलभ और सस्ती पोषक खाद्य सामग्री रोजमर्रा के भोजन में शामिल करने के लिये जन सामान्य को प्रेरित करने की आवश्यकता है श्रीमती चिटनिस एक सितम्बर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोषण माह के लिए आयोजित वीडियो कहन्फ्रेंसिंग को बुरहानपुर से कल संबोधित कर रही थीं कहन्फ्रेंस में बताया गया कि बच्चों में ठिगनापन कम करना एनीमिया के स्तर में कमी और कम वजन के बच्चों की संख्या में कमी लाना पोषण अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं अभियान के अंतर्गत रेडियो टीव्ही चैनल सोशल मीडिया शालाओं आदि में न्यूट्रीशन पर क्विज परिचर्चा आदि आयोजित की जायेगी प्रभात फेरी पोषण मेला नुकड़ नाटक प्रदर्शनियों और रैलियों के माध्यम से जन सामान्य को पोषण केन्द्रित गतिविधियों में शामिल किया जायेगा मौसम प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है

मौसम केन्द्र भोपाल के अनुसार सिस्टम के बनने से प्रदेश में वर्षा का दौर जारी रहेगा मौसम विभाग ने ग्वालियर भोपाल रीवा सागर शहडोल होशंगाबाद बालाघाट और सिवनी जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा की सम्भावना जताई है

सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले नीमच भिण्ड टीकमगढ़ और उमरिया हैं कम वर्षा वाले जिले पन्ना सागर बालाघाट सतना देवास अनूपपुर अलीराजपुर और बैतूल हैं शेष जिलों में सामान्य बारिश रिकहर्ड की गई है